आज शांति और विकास के नारे के साथ विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया

हरियाणा की बरौदा विधानसभा सीट कांग्रेस के इंद्राज नरवाल ने जीत ली है

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि बरौदा में कांग्रेस की जीत प्रदेश की जनता की जीत है कुमारी शैलजा आज बरौदा में कांग्रेस प्रत्याशी इंद्राज नरवाल की जीत के बाद दिल्ली स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी दुसरी तर फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकश धनखड़ ने बरौदा उप चूनाव बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त क जीत न हासिल करने पर प्रतिक्रिया देते हये कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश और बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है वहीं बरौदा में भी वोटों की गिनती में हजाफा हुआ है यह कांग्रेस की परम्परागत सीट है और वे पार्टी क प्रदर्शन से संतुष्ट है श्री धनखड़ ने बिहार और मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे नतीजों पर खुशी जताई और इसके लिए उन्होंने बीजेपी आलाकमान और जनता को बधाई दी है शांति और विकास के लिए आज विश्व विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू ने कहा कि यह दिवस लोगों के याद दिलाता है कि विज्ञान का म्ख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को ख्श्हाल और बेहतर बनाना है एक टवीट में श्री नायडू ने कहा कि चल रही कोविड महामारी ने विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को एकजुट होकर मानवता की समस्याओं का समाधान पूं ने का जरूरत को उजागर किया है उन्होंने लोगों से विश्व में शांति और विकास के लिए विज्ञान का उपयोग करने की प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया ताकि इसे जीवन जीने के लिए बेहतर स्थान जा सके

याद रखें मास्क और दो गज की दूरी बार बार हाथ धोना भी है जरूरी त्यौहारों के मौसम में खूद सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत करें कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है

हमारे संवाददाता ने बताया कि तालाबंदी के कारण यह कार्य बंद दिये गये थे इस समय जिले में लगभग तीन हजार श्रमिक मनरेगा के तहत काम कर हरे है जिला प्रशासन की ओर से जिले की अन्य ग्राम पंचायतों में कार्यो की रूपरेखा तैया करने के साथ साथ श्रमिकों का जोब कार्ड बनाने के निर्देश भी दिये गये है कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनज़र मज़दूरो को उचित दूरी और एहतियात बरतते हये काम करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है

आज सिरसा जिले में आज तीन और फरीदाबाद में दो कोविड मरीज़ों की मृत्यु भी हुई है हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव दे रही है

सहकारिता मंत्री आज जींद सहकारी चीनी मिल में गन्ना पिराई सत्र श्भारंभ करने के बाद सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ना उगाने और इसे मिलो में बेचने तक कोई परेशानी नहीं आने दी जायेगी उन्होंने कहा कि किसानों की नवीनतम तकनीकें अपनाकर गन्ना उत्पादन करना चाहिए और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए डॉ बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की तर्ज पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुपालन व्यवसाय श्रू करने वाले लोगों को तीन लाख रूपये तक का ऋण दे रही है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविदयालय हिसार के बागवानी विशेषज्ञ डा राकेश चूघ ने कहा है कि किसान मशरूम उत्पादन के व्यवसाय को किसी भी स्तर तक बढ़ाकर कम समय में अधिक लाभ ले सकते है वे आज विश्वविदयालय के साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं संस्थान में तीन दिवसीय मशरूम उत्पादन तकनीक विषय पर ऑन लाइन शिविर के समापन अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पींगरी मशरूप बटन की त्लना मे ज्यादा समय तक ताज़ा रहती है उन्होंने कृषि अवशेषों से मशरूम उत्पान की तकनीक के बारे में भी जानकारी दी

हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अधिकारी प्रतिदिन मशीनों के कार्य की प्रगति रिपोर्ट कृषि विभाग के पोर्टल् पर अपलोड करेंगे ताकि अधिक से अधिक किसानों को इन मशीनों का लाभ मिल सकें